प्रधानमंत्री आज नरेन्द्र मोदी एप के जरिये देश के कॉमन सर्विस सेन्टर पर मौजूद किसानों से सीधी चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री ने देशभर से किसानों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि ये किसान ही है जो देश को आगे ले जा सकता है

प्रधानमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने की चर्चा करते हुए कहा कि किसानों को परम्परागत खेती के साथ पश्पालन मछलीपालन मुर्गीपालन और मध्मक्खी पालन को भी व्यवसायीक तौर पर स्वीकार करना चाहिये

प्रधानमंत्री ने जोधपुर के किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि देशभर के किसानों को राजस्थान के किसानों से प्रेरणा लेनी चाहिये जिन्होंने परम्परागत खेती में नवीनतम तकनीकियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी आमदनी में बढ़ोतरी की है

प्रधानमंत्री ने नीली कांति के तहत आर्थिक समृद्धि के लिये केन्द्र सरकार के द्वारा किये जा रहे प्रयासों की भी चर्चा की

इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत पश्पालन मत्स्य कृषि और उद्यान विभाग के विशेषज्ञ एक ही जगह पर किसानों को प्रशिक्षण देंगे इस प्रशिक्षण में एक ही खेत में पशुपालन मत्स्य पालन कृषि और मध्रमक्खी पालन तथा फलों का उत्पादन संबंधी प्रशिक्षण दिया जायेगा इस योजना में किसानों को कम पानी में उत्पादन एग्रो प्रोसेसिंग इकाईयां स्थापित करने में सरकार मदद करेगी राज्य सरकार ने चारों विभागों को इस बाबत निर्देश दिये है यदि यह प्रयोग सफल रहा तो इसे पूरे राज्य में लागू किया जायेगा

कोटा में राज्य सरकार और पंतजलि योग पीठ की ओर से आयोजित योग शिविर के दूसरे दिन आज सुबह भी योग गुरू बाबा रामदेव ने शिविर में आये लोगों को योगाभ्यास कराया इस मौके पर प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ सांसद ओम बिडला क्षेत्रीय विधायक अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया

श्री मीणा कल केन्द्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के ट्राईफेड और राजस संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित लघ् वन उपज की समर्थन मूल्य की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि आदिवासी किसान जो वन उत्पाद से अपनी आजीविका चलाते है उन्हें उनके उत्पाद का उचित दाम मिलेगा तो वे आत्मनिर्भर बनेंगे इस अवसर पर श्री मीणा ने कृषि वन उपज मण्डी और लघु वन उपज मण्डी के बारे में भी विस्तार से चर्चा की

श्री मेघवाल कल रिडमलसर पुरोहितान के अटल सेवा केन्द्र पर राजकीय डूंगर महाविद्यालय द्वारा आयोजित समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के दूसरे चरण में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर केन्द्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई

जयपुर जिला कलक्टर सिद्वार्थ महाजन के बताया कि जयपुर के बस्सी दूदू फुलेरा सांभरलेक आर्मर किशनगढरेनवाल चौमूं सांगानेर कोटप्रतली जयसिंहपुरा पर शिविर लगाकर लागों के राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा